रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर मास्क न पहनने पर पांच सौ रूपये का लगेगा जुर्माना

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और हम इसे फिर हरा सकते हैं

बैठक में औषधि ऑक्सीजन वेंटीलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षण निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है जल्दी परीक्षण होने और समुचित निगरानी से मौतों की संख्या कम की जा सकती है श्री मोदी ने राज्यों के साथ निकट समन्वय पर जोर दिया उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के सभी आवश्यक उपाय किये जाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं की बढती मांग पूरी करने के लिए देश के औषधि उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है उन्होंने रेम्डेसिविर और अन्य औषधियों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की टीकाकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग वैक्सीन निर्माण तेज करने में किया जाये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संकमण के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर कल सर्वदलीय बैठक की

इस दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों के द्वारा कई अहम सुझाव दिये गए सभी दल सरकार के साथ दिखे मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श के दौरान जो अहम सुझाव आए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने और संक्रमितों को इलाज की बेहत सुविधा मिले इस पर वे लगातार नजर बनाये हुए हैं श्री सोरेन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान हालात से हम सभी वाकिफ हैं इसकी भयावहता जग जाहिर है हर दिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है सरकार टेस्ट ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी से काम कर रही है उन्होंने बताया कि जांच में तेजी लाने के लिए कोवास मशीन खरीदी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाइयों की किल्लत रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठाये जा रहे हैं गिरिडीह जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजो के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि अस्पताल में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो

अभियान को सफल बनाने के लिए बगल के जिले जमशेदपुर से मेडिकल टीम का सहयोग लिया जा रहा है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है पिछले चौबीस घंटे में तीन हजार आठ सौ अड़तीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसमें सर्वाधिक एक हजार चार सौ दस राजधानी रांची के हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चालीस हजार नौ सौ नब्बे कोरोना सैंपलों की जांच की गई वर्तमान में राज्य में सकिय मरीजों की संख्या बढ़कर पच्चीस हजार छह सौ उन्नीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ चौतीस मरीज स्वस्थ भी हुए हैं प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने का दर घटकर बयासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत पर पहुंच गई है कल राज्यभर में तीस मरीजों की मौत हो गई अब तक राज्य में एक हजार तीन सौ छिहत्तर मरीजों की मौत हो चुकी है

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बताया है कि दवा कंपनियों ने कम कीमत पर रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए इसकी कीमत में स्वेच्छा से कमी करने की घोषणा की है

सिंजीन इंटरनेशनल्स के रेमविन की कीमत तीन हजार नौ सौ पचास रूपए की बजाए दो हजार चार सौ पचास रूपए होगी डॉ रेड्डी का रेडिक्स पांच हजार चार सौ रुपए की बजाए दो हजार सात सौ रुपए में मिलेगा सिप्ला कंपनी के सिपर्मी की कीमत चार हजार रुपए से घटकर तीन हजार रुपए रह जाएगी माइलेन फार्मास्युटिकल्स के डेसरेम की कीमत चार हजार आठ सौ से घटकर तीन हजार चार सौ रुपए होगी जुबिलैंट जेनेरिक की जूबी आर अब चार हजार सात सौ रुपए की बजाए तीन हजार चार सौ रूपए में मिलेगी हेटेरो हेल्थकेअर्स की कोवीफोर इंजेक्शन की कीमत पांच हजार चार सौ रुपए से घटकर तीन हजार चार सौ नब्बे रूपए होगी

कोविड की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि रेलवे कोविड के फैलाव को रोकने के अनेक कदम उठा रहा है रेल मंत्रालय ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से छह महीने तक पालन सुनिश्चित करें

जैक द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि एक जून को परिस्थति का आकलन करने के बाद परीक्षा के आयोजन से संबंधित अगली सुचना प्रकाशित की जायेगी जैक के अध्यक्ष अरविंद क्मार सिंह ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करते समय परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखा जायेगा उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पंद्रह दिनों का अतिरिक्त समय दिया जायेगा जैसा कि आपको मालूम है कि संक्रमण के कारण पहले ही बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने महान दार्शनिक संत और समाज सुधारक श्री राजानुजाचार्यजी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है

उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का प्रचार किया उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए मार्गदर्शन का शाश्वत स्रोत हैं

पुरूषों से अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तिहत्तर दशमलव तीन एक प्रतिशत रहा जबकि सत्तर दशमलव शून्य सात प्रतिशत पुरूष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यहां मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कल सुनवाई करते हुए नाराजगी जतायी मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य में कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर डाक्सीसाइक्लिन और फैवी पीरावीन की कमी को लेकर सरकार को निर्देश दिया कि हर हाल में आम लोगों को दवा उपलब्ध करायी जाए किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं हो देश के आठ पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया है इस संबंध में किए गए एक राष्ट्रीय आकलन के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड मिजोरम ओडिसा छत्तीसगढ़ असम बिहार अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवदेनशील राज्य हैं जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए इन राज्यों में विशेष प्रयासों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कल यह रिपोर्ट जारी की

आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा

मुंबई इंडियंस के लिए बोल्ट और राहुल चहर ने तीन तीन विकेट लिए हैदराबाद के लिए मुजीबुर्रहमान और विजय शंकर ने दो दो विकेट लिए काइरेन पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया